हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता का संदेश आज भी विश्व के लिए प्रांसगिक है राष्ट्रपति रामनाथ सिंह ने कहा है कि न्याय सभी के लिए सुलभ होना चाहिए

मुख्यमंत्री आज क्रुक्षेत्र के थीम पार्क में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने वैश्विक गीता पाठ में शिरकत करने वाले विदयालयों में कल सोमवार को एक दिन का अवकाश करने की घोषणा भी की

इस रिकॉर्ड से अंकित मैडल विदयार्थियों को दिया गया है उन्होंने कहा कि सरकार पूरी द्वनिया में गीता के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है

उतराखंड की राज्यपाल बेबी रानी ने गीता जयंती की बधाई और श्भकामनाएं देते हए कहा कि क्रुक्षेत्र की धरा पवित्र ग्रंथ गीता की जननी है इस भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बलड़ी चौंक के पास नगर निगम दवारा बनाए गए श्रीमदभगवदगीता दवार का उदघाटन किया

म्ख्यमंत्री ने श्रीमद्भगवद्गीता द्वार का उद्घाटन करने के उपरांत इसी स्थान से जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत निकाली जाने वाली नगर शोभा यात्रा को रवाना किया मीडिया से बातचीत में म्ख्यमंत्री ने बताया कि करनाल नगर निगम दवारा शहर के भिन्न भिन्न प्रवेश स्थलों पर धर्म संस्कृति तथा महापुरूषों के नाम पर बनाए जा रहे द्वारों से इस शहर का वैभवशाली इतिहास जीवंत होगा भावी पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सत्य अहिंसा और वीरता के गुणों को आत्मसात कर सकेगी हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि किसानों के लिए बिजली आपूर्ति दो घंटे बढ़ाई जायेगी फतेहाबाद में आज गीता महोत्सव जयंती कार्यक्रम के तीसरे दिन मुख्य अतिथि तौर पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए दो घंटे बिजली आपूर्ति बढ़ा दी गई है उन्होंने कहा कि गीता जयंती कार्यक्रमों में लोगों को गीता का संदेश दिया जा रहा है हरियाणा सरकार इसे सरकारी कार्यक्रम के रूप में मना रही है

सिरसा में जिला स्तरीय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव समापन समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसे उपम्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने रवाना किया तीन दिनों तक चले समारोह में छात्र छात्राओं दवारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता एक ऐसा पावन ग्रंथ है जिसकी नींव हरियाणा की पावन धरा पर रखी गई है

भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से कर्म करने पर बल देते हए कहा है कि कर्म ही व्यक्ति समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार होता है गीता ने व्यक्ति को हमेशा श्भ कर्म करने की प्रेरणा दी है श्री कटारिया जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के तीसरे एवं अंतिम दिन उपस्थित लोगों को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने शोभायात्रा को झंडी दिखाकर रवाना भी किया सूचना जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा एवं जिला प्रशासन पलवल के सहयोग से महात्मा गांधी सामुदायिक केन्द्र एवं पंचायत भवन में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया गीता महोत्सव के अंतिम दिन आज होडल से विधायक जगदीश नायर ने गीता महात्सव परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया विधायक जगदीश नायर ने गीता महोत्सव पर संदेश देते हये कहा कि गीता हमारी धार्मिक आस्था का केन्द्र है

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने न्याय को सर्व सुल्भ बनाये जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है आज जोधप्र में राजस्थान उच्च न्यायालय के नये भवन के उदघाटन समारोह में श्री कोविंद ने कानूनी बिरादरी के लोगों से आग्रह किया कि वे लोगों को जल्द से जल्द न्याय उपलब्ध कराने के लिए कार्य करें उन्होंने समाज के जरूरतमंद और उपेक्षित लोगों को म्फ्त कानूनी सेवायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया मंहगी कानूनी सेवाओं पर चिंता व्यक्त करते हये राष्ट्रपति ने कहा कि आम आदमी को न्याय दिलाने मे टेकनालोजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है अदालतों के फैसले स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि हर कोई उन्हें समझ सकें

समारोह में अपने भाषण में भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमुर्ति एस ए बोबडे ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत मामलों को निपटाने में लगने वाले समय प्र्नविचार किया जाना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिकों से देश की आवश्यकता के अन्रूप कम लागत की प्रौद्योगिकी विकसित करने को कहा है उन्होंने वैज्ञानिकों से देश की तेज़ आर्थिक वदवि में सहयोग का आग्रह किया श्री मोदी कल पूणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अन्संधान संस्थान आईआईएसईआर के वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे थे वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री के समक्ष विभिन्न विष्यों पर प्रस्तुति दी इनमें कृषि जैव वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के लिए स्वच्छ ऊर्जा सामग्री और उपकरण प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने जैसे विषय शामिल थे

ये कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से सुना जा सकता है

हरियाणा कला परिषद और थियेटर आर्टस की ओर से कल चंडीगढ़ के टैगोर थियेटर में स्वर्गीय गज़ल गायक जगजीत सिंह को श्रदवास्मन अर्पित करने के लिए एक संगीतमंय शाम जश्न ए जगजीत का आयोजन किया जायेगा इस कार्यक्रम में सा रे गा मा विजेता रिंकू कालिया मिर्जा गालिब निदा फाज़ली कतील शेफाई और शिव क्मार बटावली के कलाम पेश करेगी

खेलों के आठवें दिन भारत ने तीन स्वर्ण दो रजत और दो कांस्य पदक प्राप्त किये स्ुकाश में भारत ने एक स्वर्ण दो रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया महिलाओं के एकल मुकाबले में भारत ने स्वर्ण और रजत पदक जीता